प्रधानमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी लेंगे शपथ प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिये बनाए जाएंगे पर्यटक मित्र

इस दौरान मंत्री परिषद के सदस्यों को भी पद की शपथ दिलाई जाएगी भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने कल श्री मोदी को अपना नेता चुना था जिसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल ने भी उन्हें अपना नेता चुन लिया राजग का नेता चुने जाने के बाद श्री मोदी ने शनिवार रात को ही राष्ट्रपति कोविंद से भेंट कर नयी सरकार बनाने का दावा पेश किया जिसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री मनोनीत किया और नयी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया साथ ही राष्ट्रपति ने उनसे शपथ ग्रहण समारोह की तिथि और समय बताने तथा अन्य मंत्रियों की सूची सौंपने को भी कहा संसद के केंद्रीय कक्ष में राजग के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने श्री मोदी को पार्टी संसदीय दल का नेता चुनने का प्रस्ताव पेश किया भाजपा के वरिष्ठ नेताओं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने इसका अनुमोदन किया और उसके बाद पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों ने हाथ खड़े कर और मेजें थपथपाकर प्रस्ताव का समर्थन किया श्री मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे

मोदी रेड्डी मुलाकात वाई एस आर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की जगनमोहन रेड्डी को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था

बीजू जनता दल बीजू जनता दल ने श्री नवीन पटनायक को आज पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया

श्री पटनायक ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि वह पार्टी नेता चुने जाने के लिए पार्टी विधायकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं श्री पटनायक विधायक दल के चुने जाने के तुरंत बाद राजभवन गए और राज्यपाल गणेशी लाल को अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने नवीन पटनायक को नई सरकार का गठन करने के लिये आमंत्रित किया है सीबीआई केन्द्रीय अन्वेमषण ब्यूरो सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है इस सिलसिले में सभी हवाई अड्डो और संबंधित अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है

इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष जांच दल के प्रमुख राजीव कुमार ही थे जो इस मामले की जांच कर रहे थे सीबीआई ने उच्च तम न्या यालय को बताया था कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना जरूरी है

न्यायालय ने यह अनुरोध खारिज कर दिया था

कल मंत्रालय में पर्यटन के क्षेत्र में रणनीति और भावी योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार होना चाहिये उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि पर्यटन उद्योग से लोगों को रोजगार मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन नीति में ऐसे दूरिस्ट सर्किट और डेस्टिनेशन हब बनाना होंगे जिससे पर्यटक एक से अधिक पर्यटन स्थलों पर आसानी से पहुंच सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये इससे जुड़ी सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं में बेहतर तालमेल जरूरी है यातायात नियम उमरिया में आज यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुघटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक यातायात जागरूकता रैली निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में शामिल हेलमेट लगाकर वाहन चलाने और यातायात के नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उनसे यातायात के नियमों का हमेंशा पालन करने का आग्रह भी किया गया पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि इस तरह की रैलियों का आयोजन जिले के सभी थाना क्षेत्र में किया जाएगा

दमोह जिले के जबेरा थाना क्षेत्र में आज एंबूलेंस और बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी और छह अन्य घायल हो गए पुलिस सूत्रों के अनुसार एक बाइक एंब्रेलेंस से आगे निकलने का प्रयास कर रही थी तभी दोनों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए सभी घायल उत्तरप्रदेश के कानपुर और आसपास के निवासी हैं घायलों को दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं सतना जिले में आज एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए पुलिस सूत्रों के अनुसार उचेहरा थाना क्षेत्र के ग्राम खूजा के निकट मैहर से नागौद जा रही एक यात्री बस विपरीत दिशा से आ रही एक कार को साइड देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई

इनमें से चार यात्रियों की स्थिति गंभीर बतायी गई है सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

मौसम विभाग ने कई जिलों में लू चलने की आशंका जताई है कोचिंग संस्थान मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को पुख्ता बनाने और इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश के बाद आज प्रशासन द्वारा भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र में स्थित कोचिंग संस्थानों में कार्यवाही की गई इस दौरान प्रशासन द्वारा आग से बचाव और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की गई

छह माह पहले संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मतों का अंतर काफी कम था

सरकार के मुख्य प्रवक्ता ने मीडिया को अफवाह फैलाने वालों से दूर रहने की सलाह दी है